राजस्थान पुलिस ने कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया

श्री मोदी ने आज पटना के गांधी मैदान पर आयोजित संकल्प रैली से आगामी लोकसभा चुनाव अभियान की शुरूआत की

यह रेलगाड़ी दिल्ली से अटारी और वाघा से लाहौर तक चलती है

वीरांजली कार्यक्रम में मिली राशि को शहीदों के परिजनों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराया गया

सभी मतदान केन्द्रों पर संबंधित बीएलओ ने त्र्टि संशोधन के लिये भी आवेदन लिये

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर छह मार्च को चादर पेश की जाएगी

इस बार महाशिवरात्रि सोमवार को होने की वजह से इसका विशेष महत्व माना जा रहा है राजधानी जयपूर सहित प्रदेश के प्रसिद्ध शिव मन्दिरों में पर्व की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है इस अवसर पर मन्दिरों में आने वाले भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इन्तजाम किए जा रहे है सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर शिवाड़ में आज से मेले की शुरूआत हुई उदयपुर के कैलाशपुरी में भी कल से दो दिन का मेला शुरू होगा जहॉ महाआरती और रूद्राभिषेक के आयोजन होंगे इससे पहले आज शहर में शोभायात्रा निकाली गई

चित्तौड़गढ जिले के कई हिस्सों में हुई बूंदा बांदी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है इस मावठ से खेतों में बोई हुई कुछ फसलों को फायदा होगा लेकिन हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि खेतों में पकी हुई फसलों को नुकसान होने की आशंका है

कुए में उतरने के दौरा केन की रस्सी ट्रटने पर यह हादसा हुआ अजमेर जिले के ब्यावर में डकैती की योजना बनाते हुये पुलिस ने सात बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से देशी बंदूक पिस्तौल और धारदार हथियार बरामद किये हैं

अलवर जिले के सरकारी छात्रावास में दो नाबालिग छात्राओं के साथ वार्डन उसके पति और दोस्त द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया है छात्राओं ने इस संबंध में प्राचार्य से लिखित शिकायत की थी

टोंक जिले के देवली में आज सीआईएसएफ की छठी और नवीं आरक्षित वाहिनी में सुरक्षा सप्ताह शुरू हुआ

बांसवाड़ा के लोधा में आज निशुल्क स्कूटी वितरण कार्यक्रम हुआ जिसमें प्रतिभाशाली जनजाति छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई

चित्तौड़गढ के ऊंचा गांव से पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध रूप से अफीम की खेती करते हुये गिरफ्तार किया है

झालावाड़ में आज विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें वन्यजीवों के संरक्षण पर चर्चा की गई

बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवन पंचायत समिति क्षेत्र के मुलिया गांव में आज जनजातीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने बूंदन नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास किया